बिहार सरकार ने प्रभावी रोकथाम के लिए राज्य में महामारी नियमन कानून लागू किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सांसदों से सप्ताह के अंत में अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में जाकर कोरोना वायरस से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने को कहा है भाजपा के संसदीय दल की बैठक में श्री मोदी ने लोगों को शिक्षित करने के लिए मीडिया की मदद लेने की भी सलाह दी प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस पर देश में जागरूकता पैदा करने में मीडिया की भूमिका की सराहना की इस संबंध में केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने संवाददाताओं को बताया कि बाईट प्रह्लाद जोशी प्रधानमंत्री जी बहुत आग्रहपूर्वक एक चीज कहा वो ये था कि भारत की मीडिया बोथ इलैक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया ऑफ दीकंट्री बहुत पॉजिटिवली ये जो कोरोना वायरस के बारे में कैंपेन की है जागृति की हैसतर्कता के बारे में सूचना दी है बहुत सराहना की उसके साथ ही साथ सभी एमपी को कहा कि जितना पॉजिटिव रोल उन्होंने प्ले किया है इसके कारण पैनिक भी नहीं बढ़ा है साथ ही साथ सतर्कता भी बहुत अच्छे ढंग से बढ़ रहे हैं

इससे पहले प्रधानमंत्री ने लोगों से कोरोना वायरस से निपटने के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी आधारित समाधान साझा करने को कहा इसे माई जीओवी पोर्टल पर साझा करने की अपील करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इन प्रयासों से लोगों को मदद मिल सकती है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमण से अब तक एक सौ सैंतीस मामलों की पूष्टि की है मंत्रालय ने कोरोना वायरस के कारण महाराष्ट्र से देश में तीसरी मौत की भी पुष्टि की है इस बीच सरकार ने कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर एक नया यात्रा परामर्श जारी किया है अफगानिस्तान फिलीपींस और मलेशिया से भारत आने वालों की यात्रा तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दी गई है यह परामर्श इकतीस मार्च तक लागू रहेगा आज दिन में तीन बजे के बाद से इन देशों से भारत के लिए कोई उड़ान नहीं हुई स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि यह एक अस्थायी उपाय है और बाद में इसकी समीक्षा की जाएगी बिहार सरकार ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित करते हुए प्रदेश में महामारी नियमन कानून लागू कर दिया है इसके तहत कोरोना की पुष्टि होने की स्थिति में किसी गांव कस्बा शहर या कॉलोनी को सील किया जा सकता है साथ ही नियम का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों और क्षेत्रों के मालिकों पर जुर्माना और सजा का प्रावधान है कानून के अनुसार अफवाह फैलाने पर दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने आज पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया इस दौरान अस्पताल में कोरोना को लेकर बनाये गये आईसोलेशन वार्ड समेत अन्य तैयारियों का जायजा लिया केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर कोरोना मरीजों पर एंटी रैट्रो वायरल दवा के असर का आकलन कर रहा है राज्यसभा में कोरोना वायरस पर एक सवाल के जवाब में डॉक्टर हर्षवर्धन ने देशभर में कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की सेवाओं की सराहना की बाईट हर्षवर्धन आज हमारे देश में डॉक्टर्स और पैरामैडिकलस्टाफ एयरलाइन से जुड़े हुए हमारे पायलट्स हैं दूसरे कर्मचारी हैं और विशेषकर जिन लोगों ने विषम परिस्थितियों में इस बीमारी के प्रकोप के रहते भी दूसरे देशों से भारतीयों को वापस लाने का काम किया है और इन मरीजों से जिनसे इस वायरस का सबसे बड़ा बचाव काजो तरीका है वो वन मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग है इसमें हमारे डॉक्टर रिस्क लेते हुए जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उसकी सराहना करने के लिए कोई पर्याप्त शब्द मेरेक्या किसी की भी शब्दावली में नहीं हैं डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि विदेश से लौटने वाले हजारों यात्रियों को राज्य सरकारोंकी मदद से तैयार किए गए क्वेरेन्टीन सुविधा वाले केन्द्रों में भेजा जा रहा है डॉक्टर हर्षवर्धन ने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे अपने अपने राज्यों में क्वेरेन्टीनशिविरों को दौरा करें और मंत्रालय को वहां सुविधाओं में सुधार के बारे में फीडबैक दें

दूसरा तरीका है कि उस ड्रॉप्लेट से वो टेबल पर गिर जाती हैं ड्रॉप्लेट्सडोर पर आ जाती हैं जब दूसरा आदमी उसको टच करता है तो उसके हाथ से आ जाता है अब ये वायरस जब टेबल पर गिरता है तो उसके पास आठ घंटे हैं दूसरे आदमी को इन्फैक्ट करने के लिए तो हम अपने हाथों को फेस की तरफ टच मत करें कोई खांसता है तो उससे तीन मीटर से दूर हो जाएं दूसरा हैंड हाइजीन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है जिससे हम अपने आपको बचा सकते हैं आकाशवाणी से प्रसारित कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में एम्स अस्पताल के डॉक्टर रणदीप सिंह गुलेरिया ने वायरस से बचाव के बारे में जानकारी दी

किसी पेशंट से क्लोज कांटेक्ट में आए हैं और आपको बुखार जुकाम नजला गले में खराश सूखी खासी या बॉडी एक्स होते हैं तो फिर आप अपना टेस्ट करायें वो टेस्ट सरकार करेगी और मुफ्त करेगी हैल्पलाइनके थ्रू लेकिन अदरवाइज आपको जुकाम नजला है तो अभी जो ये कोरोना वायरस है ये हमारे देश में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है इसलिए सब लोगों को टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है उससे ये होगा कि जब हमें टेस्ट करने की जरूरत होगी तो हमारे किट्स कम पड़जायेंगे और अन नैससरी लोगों में पैनिक शुरू हो जायेगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नोवल कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा के लिए बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करने की सलाह दी है

खांसी और बुखार होने की स्थिति में अन्य लोगों के निकट संपर्क में न आने की सलाह दी गई है हाथों को अच्छी तरह धोए बिना आंख नाक और चेहरे का स्पर्श न करें सार्वजनिक स्थल पर न थूकने के निर्देश का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है संक्रमण से बचने के लिए साबुन और पानीया एल्कोहल मिश्रित सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोना चाहिए तथा खांसते छींकत समय नाक और मुंह पर रुमाल या टिशू पेपर रखना चाहिए इस्तेमाल किये गए टिशू को तुरंत बंद डिब्बोमें फेंक दें बुखार खांसी और सांस लेने में दिक्कत होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं डॉक्टर के पास जाते समय नाक और मुंह को मास्क या कपड़े से ढक कर रखें

राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों ने भी हेल्प लाइन नंबर जारी किए हैं

न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचूड की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि देश की सेवा कर चुकी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन न देना न्याय के सिद्धान्त की गंभीर अवहेलना होगी पीठ ने कहा कि केन्द्र द्वारा महिलाओं की भर्ती पर रोक हटाये जाने के फैसले के बाद नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने में लैंगिक भेदभाव नहीं किया जा सकता राज्य में मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम समय पर घोषित किये जायेंगें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने घोषणा की है कि शिक्षकों की हड़ताल के वाबजूद मूल्यांकन कार्य अंतिम चरण में है और कोरोना वायरस से नतीजों की घोषणा का समय प्रभावित नहीं होगा इधर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने भी कहा कि सभी मूल्यांकन केन्द्रों पर कोरोना वायरस के संक्रमण से शिक्षकों के बचाव के लिए पूरे इंतजाम किये गये हैं

सीतामढ़ी जिले की एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म और पूरी घटना का वीडियो वायरल करने के मामले में रिकॉर्ड छियासी दिनों में स्पीडी ट्रायल कर सजा सुनायी है इस मामले में अदालत ने सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की और दो दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है

बिहार सरकार ने प्रभावी रोकथाम के लिए राज्य में महामारी नियमन कानून लागू किया